प्रदेश सरकार ने जल संग्रहण को लेकर रनो हार्वेस्टिंग मास्टर प्लान किया तैयार

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी अधिकारियों को विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रो एक्टिव रवैया अपनाने के निर्देश दिए हैं आज शिमला में हिम विकास समीक्षा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कर वांछित लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है

जयराम ठाक्र ने लोकनिर्माण विभाग को भी अपने कार्यों की निगरानी के लिए प्रबंधन का ऐसा सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए जिसमें विभाग के सभी कार्य ऑनलाईन दर्शाए जा सकें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार लोकसेवा आयोग का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है आज शिमला में लोकसेवा आयोग में करीब पौने दो करोड़ रूपए की लागत से बने आधुनिक ऑनलाईन कम्पयूटर आधारित परीक्षा केन्द्र का शुभारम्भ करने के बाद उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोकसेवा आयोग ऑनलाईन और ऑफलाईन परीक्षाएं अपने परीक्षा भवन में ही संचालित कर सकेगा इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे महेन्द्र सिंह प्रदेश सरकार ने स्नो हार्वेस्टिंग के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है ताकि जरूरत के समय बर्फ का पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि जल संग्रहण को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार चिंतित है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शिमला स्थित मानसिक रोग व पुनर्वास चिकित्सालय का आज औचक निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल में रोगियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए विपिन परमार ने अस्पताल में भर्ती विभिन्न रोगियों के बारे और बाहरी राज्यों के रोगियों के संबंध में अस्पताल प्रशासन को उनके परिजनों के साथ मिलाने के लिए और अधिक प्रयास करने के निर्देश भी दिए बिंदल उधर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन स्थित मैडिकल कॉलेज के बनने वाले भवन के स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को भवन निर्माण से संबंधित समस्याओं का जल्द हल करने को कहा ताकि निर्माण कार्य में तेजी लायी जा सके

ऊना जिला के थानाकलां में आज पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पंचायतों को आगे आकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए इस बीच उन्होंने चिंतपूर्णी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने एचपीएमसी द्वारा अब तक सेब खरीद के लिए कलेक्शन सेंटर ना खोलने पर हैरानी जताई है

उन्होंने कहा कि इस बार जुलाई खत्म होने पर भी इस सेंटर का ना खुलना चिंता का विषय है किमटा ने कहा कि प्रदेश में इस बार सेब की रिकार्ड तोड़ फसल हुई है और सरकार की लापरवाही से बागवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में उद्योग जगत युवा उद्यमियों एमएसएमई और ई कॉमर्स सैक्टर गेम चेंजर साबित हो रहे हैं आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण स्तर पर चल रहे छोटे स्वयं सहायता समूह दुकानदारों और उद्योग धंधों का भी इस अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विज़न के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं त्रिलोक कपूर भाजपा अनुसूचित जनजातिय मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की इस दौरान उन्होंने होली उतराला निर्माणाधीन सड़क मार्ग के सम्पूर्ण निर्माण को लेकर प्रभावी कदम उठाने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया त्रिलोक कपूर ने गैर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय वर्ग के समुचित विकास के लिए विशेष बजट का प्रावधान और कांगड़ा जिला के सबसे दुर्गम क्षेत्र छोटा व बड़ा भंगाल को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने की मांग की उन्होंने प्रधानमंत्री से केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के तहत बनने वाली योजनाओं को राज्य आधारित बनाने का अनुरोध किया ताकि उनकी जरूरतों व लोगों के जनजीवन और व्यवसाय से जुड़े विषयों के विकसित होने में लाभ मिल सके राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण को अति आवश्यक बताया है नई दिल्ली स्थित संसद भवन आज पौधरोपण करने के बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश में पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और प्रदेश में अब कोई भी ऐसा भाग खाली नहीं रहेगा जिसमें पौधे ना हो मौसम प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से अधिकांश क्षेत्रों में रूक रूक कर जोरदार वर्षा हो रही है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है

लोकनिर्माण विभाग द्वारा बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं इस वर्षा से कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तारादेवी के समीप आज सुबह भू स्खलन से सड़क किनारे खड़ी एक कार दब गई उधर कांगड़ा जिला के परागपुर विकास खण्ड की सियुल पंचायत में एक मकान ढह गया जबकि तीन अन्य मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर ने मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त मकानों के नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को फौरी राहत देने के प्रशासन को निर्देश दिए

विभाग ने आज मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है

प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस भूमि से मटर की फसल को पूरी तरह नष्ट किया इस वन भूमि पर दारचा के दो व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया था और मामला कई वर्षों तक न्यायालय में चलने के बाद अदालत ने इस वर्ष जुलाई में इसे हटाने का फैसला दिया है महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मि धर सूद ने राज्यसभा में तीन तलाक पर हुए फैसले को सराहनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा किया है और इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा